आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को सत्य की जीत बताते हुए कहा कि इससे सच्चाई सामने आई है जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राफेल मामले में अपनाई गई प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय पूरी तरह संतुष्ट है और अब इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नही है उन्होंने कहा कि राफेल विमान खरीदने के मामले में कोई पक्षपात नही हुआ और ये देश की जरूरत है केन्द्रीय मंत्री ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अपने दुष्प्रचार में दी गई जानकारी का स्रोत उजागर करने को भी कहा ताकि देश की जनता को भी पता चले की उन्हें ये जानकारी कहां से मिली थी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राफेल मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सच्चाई की जीत बताया है हरियाणा के रोहतक जिले में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कांग्रेस को करारा जवाब मिला है जिसने देश के लोगों को झूठा प्रचार कर गुमराह किया है जयराम ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बेनकाब हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले पर झूठ बोलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाला जो दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रहित में राफेल विमान खरीदने का बड़ा निर्णय लिया है जो कांग्रेस सहित कुछ अन्य दलों को रास नहीं आ रहा है गोविंद ठाकुर वन विभाग के फील्ड में तैनात कर्मचारियों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी वनमंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू में विभाग की तीन दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद व वन डयूटी प्रतियोगिता के उदघाटन अवसर पर ये बात कही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने पर सब्सिडी की राशि में वृद्धि करने को लेकर विचार किया जा रहा है वनमंत्री ने कहा कि इसके अलावा कर्मचारियों को जीपीएस युक्त उपकरण अत्याधुनिक कैमरे दिए जाएंगे गोविंद ठाकुर ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने अपने कार्यक्षेत्रों में देश के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने और विभाग की बेहतरी के लिए नए विचार साझा करने की अपील की

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कसौली निर्वाचन क्षेत्र की जंगेशू पंचायत में शिलोराखुर्द कलांटिप्परा संपर्क मार्ग के भूमि पूजन के बाद एक जनसभा में यह जानकारी दी

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सामाजिक सरोकार के सांझा काव्य संग्रह कसक बाकी है का आज शिमला स्थित राजभवन में विमोचन किया

राज्यपाल ने कहा कि साहित्याकारों के ऐसे प्रयासों से समाज की कुरीतियों को दूर करने में मदद मिलती है और इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा

धरोहर संस्था के अध्यक्ष विजय शंकर तिवारी और अन्य चिकित्सकों ने लोगों को जीवन में आहार विहार के नियमों के बारे जानकारी दी उन्होंने बताया कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वच्छ भोजन कितना आवश्यक है इस बारे में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं निधन शिलाई के पूर्व विधायक जगत सिंह नेगी का आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे

शांडिल पूर्व मंत्री और विधायक धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश व केन्द्र में भाजपा की सरकार आने के बाद से विकास की गति धीमी पड़ गई है सोलन में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का विकास की तरफ कोई ध्यान नही है शांडिल ने कहा कि सोलन जिले में लोगों को स्वास्थ्य बिजली और पानी की व्यवस्था सहित विभिन्न सुविधाएं पर्याप्त नही मिल पा रही है उन्होंने राफेल मामले पर ज्वांईट पार्लियामेंट कमेटी के गठन की मांग करते हुए कहा कि इससे सच्चाई सामने आएगी

नमस्कार